मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए राशन कार्ड धारकों को तत्काल राशन उपलब्ध कराए जाने पर संतोष व्यक्त किया है पूर्व में नए राशन कार्ड बनने पर ऐसे कार्ड धारकों को लगभग दो माह बाद खाद्यान्न उपलब्ध हो पाता था मुख्यमंत्री ने सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में घटतौली अथवा अन्य कोई अनियमितता न हो पाए

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग कार्य निरन्तर जारी रखा जाए हाई वे बाजारों तथा पार्कों में सघन पेट्रोलिंग की जाए सोशल डिस्टेंसिंग के पूर्ण पालन के साथ ही कन्टेनमेन्ट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सुचारु ढंग से संचालित करने के निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्यूनिटी किचन में स्वच्छता एवं सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध किए जाए

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ कोरोना संक्रमण के विरूद्ध लड़ाई लड़ रहा है उन्होने कहा कि हम प्री मुस्तैदी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुये विकास कार्यों को गति दने में लगे हुये हैं ताकि कुशल तथा अक्शल कामगारों की प्रतिभा और हुनर का उपयोग करते हुये हम उन्हे अधिक से अधिक उनकी अपेक्षाओं के अनुसार काम दे सकें और उन्हे आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बना सकें श्री मौर्य ने कहा कि कोरोना के साथ साथ लोगों को काम दिलाना भी एक चुनौती है और हम इस चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं उन्होंने वेबिनार के जरिये मेरठ के पत्रकारों से बात करते हुये कहा कि पत्रकार भी कोरोना योद्धा हैं और हम उनका सम्मान कोरोना योद्धा की तरह ही करते हैं भारत सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर उन्होने विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा यह कार्यकाल बड़े और कड़े फैसलों के लिये हमेशा याद किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी गई कृषि क्षेत्र में आमूल चूल बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है

प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल के प्रतिनिधियों ने आज राज्यपाल से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक अजय कुमार लल्लू को राजनीतिक द्वेष के कारण प्रताड़ित किये जाने की शिकायत की गई है

कांगस नेता आराधना मिश्रा ने बताया कि राज्यपाल ने इस प्रकरण पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया

उन्होंने बताया कि इस सक्रमण से अब तक प्रदेश में दो सौ तीस मौते हुई है श्री प्रसाद ने बताया कि इस समय प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों के आईसोलेशन वार्डो में तीन हजार चार सौ अड़तालीस मरीजों का इलाज चल रहा है

राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा अप्रैल माह के लिए एक सौ एक लाख मीट्रिक टन खादयान्न खरीदा गया

लॉकडाउन के दौरान अनेक लोग अपने घरों से दूर फंस गये थे इस संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आईं हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने किस तरह से कानपुर के एक ऐसे दुखी और परेशान पिता की मदद की जिसकी बेटियां गुड़गांव में फंस गयी थीं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर गेहूं खरीद के मानकों में छूट देने का सरकार ने फैसला किया है

इनमें ललितपुर बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर गोण्डा मुरादाबाद संभल बिजनौर बस्ती महराजगंज मथुरा आगरा संतकबीर नगर अमेठी औरैया सीतापुर लखीमपुर खीरी हरदोई मेरठ मिर्जापुर अम्बेडकर नगर फतेहपुर बांदा चन्दौली गाजीपुर जौनपुर फिरोजाबाद रामपुर उन्नाव रायबरेली अयोध्या सुल्तानपुर प्रयागराज कौशाम्बी प्रतापगढ़ लखनऊ सोनभद्र बाराबंकी कन्नौज कानपुर नगर कानपुर देहात और इटावा शामिल है उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों और संभागीय खाद्य नियंत्रकों को निर्देश दिये गये हैं कि जिन किसानों का गेहूं अब तक मानक में न होने के कारण नहीं खरीदा जा सका था उनका भी गेहूं खरीदा जाये मनीष चौहान ने कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र द्वारा मानकों में ढील दी गई है सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों की जांच कर हम तथ्य आपके सामने लाते हैं

एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इसे गलत करार दिया इसमें कहा गया है कि सभी मास्क और पीपीइ किट स्वास्थ्य मंत्रालय मानकों के अनुरुप हैं इसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है तथा एम्स की समिति इनका प्रमाणीकरण करती है समाप्त